प्रदेश में भी चिकित्सकों के विशेष दल गठित

उमरिया जिले में कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रारंभ हुआ विशेष अभियान हमारी विशेष श्रंखला मध्यप्रदेश में महात्मा के अंतिम अंक में कल सुनिये बापू के छआछूत सर्वधर्म समभाव और ग्रामीण विकास पर विचार कोरोना कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने देश के नागरिकों को चीन की यात्रा से बचने का सुझाव दिया है इस बीच आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं लाभकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता साबन से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है वायरस के लक्षणों में खांसी आना नाक बहना बुखार गले में खराश और सांस की तकलीफ शामिल हैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकों के विशेष दल गठित किये गये हैं पर्यावरण जावडेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को पौधरोपण के लिए सात अरब डॉलर की राशि जारी की है

इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि चिकित्सीय गर्भपात के लिए दो डॉक्टरों की अनुमति अनिवार्य होगी जिनमें से एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए

फिलहाल यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है संशोधनों के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित होंगे और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय की जाएगी आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा लता मंगेशकर अलंकरण राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह का आयोजन पांच और छह फरवरी को इंदौर के बास्केटबाल काम्पलेक्स में होगा इस अवसर पर प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक क्लदीप सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जायेगा इस आयोजन की तैयारियों को लेकर आज इंदौर के संभागायुक्त ने बैठक आयोजित की बैठक में बताया गया कि समारोह के पहले दिन पांच फरवरी को राज्यस्तरीय सुगम संगीत प्रतियोगिता होगी इस प्रतियोगिता के विजेताओं को छह फरवरी को मुख्य कार्यकम में अपने गायन की प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा नगरीय आरक्षण मुरैना जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन के पूर्व वार्ड आरक्षण की प्रकिया आज प्रारंभ हई जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सामान्य आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला पुरुषों के लिए आरक्षण किया गया इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे

छिंदवाडा के नगर निगम आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण की इस श्रेणी के फीडबैक कलेक्शन में छिंदवाड़ा ने सत्ताइस दशमलव नौ दो प्रतिशत अंकों के साथ देश में पांचवे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उधर खंडवा में भी नगर निगम की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है

क्पोषणमुक्त उमरिया जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आज से कुपोषण उमरिया छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है

इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं स्वसहायता समूहों और उचित मुल्य की द्वकान के विक्रेताओं व प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिला प्रशासन द्वारा मैदानी क्षेत्रों मे श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जायेगा

इस दौरान मां नर्मदा के जीवन पर आधारित लाइट एण्ड साउण्ड शो आयोजित किया जाएगा अमरकंटक शहर के विभिन्न स्थलों पर महाआरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की समुद्ध सांस्कृतिक धरोहर कला एवं स्वास्थ्यवर्धक कोदो चावल आदि कृषि उत्पादों का आमजनों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

प्रदेश भर में कल श्रद्वांजलि सभाएं भी आयोजित होंगी मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल के मिण्टो हाल परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पृष्पांजलि अर्पित करेंगे वहीं मंत्रालय भवन के सामने आयोजित सभा में महात्मा गांधी का प्रण्य स्मरण किया जायेगा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गांधीजी को श्रद्वांजली दी जायेगी इंदौर में रीगल चौराहे पर प्रार्थना सभा होगी जिसमें कस्तुरबा ग्राम की महिलाओं द्वारा गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी जायेगी

सायना भाजपा प्रसिद्ध बेडमिण्टन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में उन्हें सदस्यता का प्रमाणपत्र दिया गया

पत्रकारों से बात करते हुए सायना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम करना उनके लिए गौरव की बात है बीटिंग द रिट्टीट प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ हुआ राजधानी के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल लालजी टण्डन थे इस अवसर पर मुख्य सचिव गृह विभाग के प्रमुख सचिव पुलिस महानिरीक्षक सहित बड़ी संख्या में संगीतप्रेमी भी उपस्थित थे गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के अलावा केवल भोपाल में ही बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है

इसके जवाब में न्यूजीलैण्ड की टीम इतने ही रन बना पाई इसके फलस्वरूप मैच टाई हो गया और परिणाम का फैसला सुपर ओवर के जरिये हआ रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया

इस अवसर पर पत्रकारों का सम्मान भी किया गया कार्यकम में आकाशवाणी के समाचार संपादक परितोष दीक्षित को भी सम्मानित किया गया

वे जिला जेल का निरीक्षण भी करेंगे